अब समाचार विस्तार से आयोग दौरा केन्द्रीय चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत आयोग के सदस्यों सुनील अरोरा और अशोक लवासा के साथ प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए दो द्विवसीय दौरे पर आज इंदौर पहुचेंगे निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना सुदीप जैन चंद्रभूषण कुमार और डायरेक्टर जनरल दिलीप शर्मा तथा धीरेन्द्र ओझा भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री रावत के साथ रहेंगे

बैठक में संभागायुक्त पुलिस महानिरीक्षक जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहेंगे आयोग का दल इंदौर से रवाना होकर शाम को भोपाल पहुंचेगा जहां शाम को होटल जहांनुमा पैलेस में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक होगी

केंद्रीय चुनाव दल चुनाव व्यय से संबंधित नोडल अधिकारियों तथा प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी बैठक करेगा मोदी सिंगापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिंगापूर में तेरहवें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेंगे श्री मोदी की यह दूसरी सिंगापुर यात्रा होगी और वे पांचवी बार पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे श्री मोदी पहले शासनाध्यक्ष होंगे जो फिन्टेक यानी वित्तीय और प्रौद्योगिकी उत्सव को संबोधित करेंगे

श्री मोदी दूसरी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी बैठक में भी भाग लेंगे जहां सदस्य देशों के नेता पिछली बैठकों में हए समझौतों की प्रगति की समीक्षा करेंगे विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व विजय ठाकुर सिंह ने कल नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी की सिंगापुर यात्रा से भारत के पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा मिलेगी तथा लुक ईस्ट नीति को और मजबूती मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी अमरीकी उप राष्ट्रपति माइक पेंस के साथ मुलाकात के अलावा अन्य देशों के नेताओं के साथ भी दिवपक्षीय बैठक करेंगे नामांकन प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये नामांकन पत्रों की वापसी का कल आखिरी दिन है नामांकन पत्रों की जांच का काम लगभग पूरा हो गया है

चुनाव आयोग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फिलहाल प्रदेशभर से मिले आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण किया जा रहा है

इस दौरान पन्द्रह अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र वैध पाये गये हैं

उधर विधानसभा क्षेत्र श्जालपुर में भाजपा प्रत्याशी इन्दरसिंह परमार ने कांग्रेस प्रत्याशी के आवेदन को चुनौती देते हुए नामांकन पत्र निरस्त करने का आवेदन निर्वाचन आयोग को सौंपा है छग मतदान छत्तीसगढ़ में कल विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ

कुल मिलाकर मतदान शांतिपूर्वक हुआ माओवाद प्रभावित दस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सवेरे सात बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद तीन बजे तक चला बाकी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालने का समय सवेरे आठ बजे से शाम पांच बजे तक था इस चरण में एक सौ नब्बे उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं

पदस्थापना प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के तीन अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की गई है

छठ पूजा प्रदेश में छठ पूजा को लेकर विभिन्न घाटों को सजाया गया है भोपाल की शीतलदास की बगिया में घाट को आकर्षक रुप से सजाया गया है बिहारी समुदाय के लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छठ पूजा पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं श्रीमती पटेल ने कहा कि हमारा देश पर्वों और उत्सवों का देश है यहां की संस्कृति अनेकता में एकता पर आधारित है राज्यपाल श्रीमती पटेल ने कहा कि छठ पूजा का पर्व सादगी और समृद्वि का प्रतीक है यह पर्व सदभाव एकता और भाईचारे की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने इस मौके पर प्रदेशवासियों के स्वस्थ्य और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की है इस्तीफा राज्य शासन ने मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के संचालक मण्डल के अध्यक्ष डॉ शिवराज शाह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है

इस दौरान रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान का संकल्प दिलाया गया